नई दिल्ली में एक प्राइवेट टीवी चौनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि द्वनिया में पिछले पांच साल में भारत की हैसियत बढ़ने से बहत बड़ा बदलाव आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जलवाय परिवर्तन मिसाइल टेक्नोलोजी आर्थिक अपराधियों और आतंकवाद जैसे मद्दों से निपटने में वैरिवक व्यवस्था के नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भारत के साथ खड़ी है श्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर काबू पार्न और विदेशों से भारतीयों का काला धन वापस लाने के सरकार के प्रयासों का ब्यौरा दिया उन्होंने बताया कि रिवट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों के काले धन के बारे में जानकारी इस वर्ष से मिलनी शुरू हो जायेगी श्री मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह अपने शासनकाल में विदेशों में काला धन जमा करने वालों और सरकारी बैंकों से बड़े ऋण लेकर भुगतान न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी प्रदेश में अमेठी के अलावा केरल में वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लडेंगे यह घोषणा आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटोनी ने की बाद में मीडिया से बातचीत में श्री एंटोनी ने बताया कि यह फैसला दक्षिण राज्यों के अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के अनुरोघ पर लिया गया है कांग्रेस की इस घोषणा के बाद वाम दलों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है मार्कसवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने कहा है कि इससे लगता है कि कांग्रेस की प्राथमिकता अब केरल में वाम दलों से मुकाबला करने की है देश भर के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने निर्वाचन आयोग को मतदाता जागरुकता के लिए भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया है आयोग ने कल नई दिल्ली में मतदाता जागरुकता के लिए सामुदायिक रेडियो की कार्यशाला का आयोजन किया सामुदायिक रेडियो देश के सभी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक अच्छा माध्यम है सामुदायिक रेडियो स्थानीय भाषा में जानकारी विकसित कर मतदाता जागरुकता की प्रक्रिया को और लोकतंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है सामुदायिक रेडियो मतदाता जागरुकता कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग भी बन सकता है अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के निष्कर्ष के बारे में मीडिया की खबरों को गलत बताया है मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें भ्रामक और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं दो हजार अट्ठारह उन्नीस का स्वच्छता सर्वेक्षण सबसे बड़ा निष्पक्ष स्वच्छता सर्वेक्षण है इसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक गांव में घरों का चयन सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण और बिना किसी क्रम के किया गया है देशभर में राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जूटे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के पांच सौ स्थानों पर मैं भी चौकीदार अमियान के समर्थन में संकल्प लेने चुके लोगों के साथ संवाद कर रहे है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है प्रदेश के नगीना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांप्रेस ने हिन्दू समुदाय पर आतंकवादी होने का कलंक लगाया श्री शाह ने कहा कि राहल गांधी और कांग्रेस को इसके लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल देश के नवीनतम उपग्रह एमीसैट का प्रक्षेपण करेगा इसे अन्य देशों के अट्ठाईस उपग्रहों के साथ सुबह नौ बजकर सत्ताईस मिनट पर आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से छोड़ा जाएगा प्रक्षपण की गिनती का कार्य सुचारू रूप से जारी है छपरा बलिया रेल खण्ड पर आज सुबह सारण जिले के गौतम स्थान रेलवे स्टेशन के पास छपरा सुरत एक्सप्रेस के तेरह कोच पटरी से उतर गये दर्घटना में किसी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हई है दर्घटना के कारण छपरा बलिया मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो गया चार गाड़ियों का संचलन निरस्त कर दिया है तथा बारह गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया है निरस्त की गयी गाड़ियां हैं छपरा सूरत एक्सप्रेस छपरा मऊ सवारी गाड़ी छपरा वाराणसी सिटी सवारी गाड़ी वाराणसी सिटी छपरा सवारी गाड़ी रेल संचलन को बहाल करने के लिए युद्व स्तर पर कार्रवाई की जा रही है मऊ जनपद की पुलिस ने लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बढाने के लिए एक पहल जीवन हेत् रक्तदान और लोकतन्त्र हेत् मतदान श्रु किया है इस रक्तदान कार्यक्रम में जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र बहादुर शामिल रहे